्वस्तु और सेवाकर जीएसटी परिषद की विधि समिति की कल फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर बैठक होगी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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इससे पहले उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास पर रखी गई जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्दांजलि दी भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ और पूर्व मंत्री यूनुस खान समेत विपक्ष के कई नेताओं ने भी उन्हें नमन किया मास्टर भवरलाल की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे श्री मेघवाल के निधन पर आज सुजानगढ़ बंद रहा प्रदेश में एक दिन का राजकीय अवकाश रखा गया सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहा इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा

श्री मेघवाल राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज दलित नेताओं में शामिल थे

सुजानगढ़ विधानसभा सीट से वे निर्दलीय समेत कांग्रेस के टिकट पर पांच बार विधायक चुने गये इधर जयपुर में आज मंत्रीपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सभी मंत्रियों ने श्री मेघवाल को श्रद्धांजलि दी इस दौरान मंत्रीपरिषद में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया और दो मिनट का मौन रखकर श्रद्वांजलि दी गई वहीं श्री मेघवाल के निधन के कारण जयपुर में आज होने वाली निकाय और पंचायत चुनाव कार्यशाला भी स्थगित कर दी गई

कांग्रेस और भाजपा के बडे नेता भी प्रचार में जुट गये हैं आज केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ और मोहनगढ़ में चुनाव सभाएं कीं वहीं प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने बांसवाड़ा जिले के घाटोल में चुनाव प्रचार किया

पंद्रहवें वित्त आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को सौंपी वित्तमंत्री यह रिपोर्ट और इस पर सरकार की कार्यवाई से संबंधित रिपोर्ट संसद में पेश करेंगी

संघ और राज्य सरकारों स्थानीय निकायों और पिछले वित्त आयोगों के सदस्यों और अध्यक्षों और आयोग की सलाहकार परिषद के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है

राजधानी में लगभग हर इलाके में बढी संख्या में पॉजिटिव मिल रहे हैं

देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव चार सात प्रतिशत है जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है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

बैठक में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त बनाने और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए जीएसटी कानुन में आवश्यक संशोधन तथा अन्य कानुनी उपायों पर भी चर्चा की जाएगी

टैक्स चोरी धोखाधड़ी से बैंक ऋण लेने मनी लॉड़िग और हवाला कारोबार जैसी अवैध गतिविधियों के लिए फर्जी बिल जमा करने के कई मामले सामने आए हैं

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसानों के हालात पहले से ही दयनीय हैं और ऊपर से प्राकृतिक आपदा ने रही सही कसर पूरी कर दी है ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि तुरंत गिरदावरी का आदेश देकर इस सम्बन्ध में मुआवजा कार्रवाई को गति प्रदान करे सांसद दीया कुमारी ने इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रक में रखी एक करोड़ रुपये की शराब और अवैध हथियार बरामद किये हैं पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है